आज सर्वोच्च न्यायालय में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी वहीं भोपाल में नेताओं के बयान और कार्यकर्ताओं में टकराव की घटनाएं भी हुई कल भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन करने गये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं की झड़प हुई वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से कहा कि उनकी सरकार बहुमत में है फिर भी कोर्ट का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने बहुमत परीक्षण के लिये कांग्रेस द्वारा अदालत से मांगे जा रहे समय पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस सरकार बह्मत में है तो फिर वे फ़्लोर टेस्ट से क्यों बच रहे हैं

प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये विभिन्न जिलों में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है देवास में सुप्रसिद्ध चामुंडा माता मंदिर में नवरात्रि पर्व के दौरान श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा शिवपुरी जिले में कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है जन सुनवाई के लिये प्राप्त होने वाले आवेदन को कलेक्टर कार्यालय में मुख्य द्वार के पास एक बाक्स में डालने की व्यवस्था की गई है मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में दुबई से आए एक युवक और एक युवती को अपने अपने घर में रहने और बाहर नहीं निकलने के निर्देश दिये गये हैं

आगरमालवा जिले के मां बगलामुखी मंदिर और बाबा बैवजनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों का प्रवेश आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है

कटनी जिला मुख्यालय पर आज शाम कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिये कलेक्टेट सभा कक्ष में विशेष बैठक आयोजित की गई है जिसमें स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहेंगे नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव थाने में पुलिस ने कोरोना वायरस के संबंध में सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले युवक के विरूद्ध शांतिभंग का मामला दर्ज किया है पुलिस ने अफवाह नहीं फैलाने और आपदा की इस घड़ी में संयम बरतने की अपील की

जेईई मेन्स और सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाए भी रोक दी गई हैं वहीं आईसीएसई बोर्ड और यूजीसी ने भी उनके द्वारा संचालित सभी परीक्षाओं को आगामी आदेश तक रोक दिया है मौसम मौसम के बदले मिजाज के बीच आज प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश के साथ ओले गिरे इसके कारण रबी की फसलें प्रभावित हुई हैं मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिम बंगाल में बने प्रति चक्रवात और दक्षिण तथा उत्तरी हवाओं के आपस में मिलने के चलते प्रदेश में मौसम में बदलाव हआ इसके चलते रायसेन सागर दमोह डिंडोरी जबलपुर होशंगाबाद मंडला कटनी नरसिंहपुर अनूपपुर सहित अन्य स्थानों पर बारिश के साथ ओले गिरने से गेंह चना सरसौ और मसूर की फसलों को नुकसान हुआ है

प्रभांशु कमल को प्रोफेसनल एग्जामिशेन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है